इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ चिकित्सा मंत्री रघ् शर्मा चिकित्सा राज्यमंत्री सुभाष गर्ग और मुख्य सचिव डी बी गुप्ता सहित प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद है

इधर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रदेश में स्थित सभी बैंकों के प्रबंधकों को अपने बैंक की प्रत्येक एटीएम मशीन पर सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है प्रत्येक व्यक्ति के हाथों को एटीएम को प्रयोग में लेने से पहले और बाद में गार्ड द्वारा सैनिटाइजेशन करवाने को भी कहा गया है

इन्हें जयपुर में सवाई मान सिंह अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित सिंह ने बताया कि दम्पत्ति के साथ आये टैक्सी चालक और होटल के चार कर्मचारियों को घर पर ही होम आईसोलेशन पर रखा गया है जांच में इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है कोरोना वायरस पॉजीटिव दम्पत्ति के सम्पर्क में आये लोगों की पहचान कर उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है

यह व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने आप पर लागू कर्फ्यू होगा प्रधानमंत्री ने कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस दौरान केवल आवश्यक सेवा में लगे लोगों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए श्री मोदी ने देशवासियों से डॉक्टरों चिकित्सा कर्मियों और सफाई कर्मचारियों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने का अनुरोध किया उन्होंने कहा कि रविवार शाम पांच बजे पांच मिनट के लिए हर व्यक्ति अपने घर की बालकनी खिड़की या दरवाजे पर आकर ताली थाली बजाकर इन सेवा कर्मियों को धन्यवाद दे और उनका हौसला बढ़ाए उन्होंने लोगों से जहां तक संभव हो घर से काम करने और अत्यंत आवश्यक होने पर ही बाहर निकलने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी उपाय कर रही है उन्होंने लोगों से घबराहट में खरीदारी नहीं करने की अपील की प्रधानमंत्री ने व्यवसायी समुदाय से अपने कर्मचारियों की आर्थिक जरूरतों का ध्यान रखने को कहा और काम पर आने में असमर्थ होने की स्थिति में उनका वेतन नहीं काटने का अनुरोध किया प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक कार्यबल गठित करने का फैसला किया है जो सभी पक्षों से बातचीत करेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि महिलाओं की सुरक्षा और गरीमा बनी रहे उन्होंने कहा कि वर्तमान में हर क्षेत्र में महिलाएं उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा राष्ट्र बनाने की जरूरत है जहां महिलाओं का सशक्तिकरण हो गौरतलब है कि निर्भया मामले के चारों अभियुक्तों को आज सुबह दिल्ली के तिहाड जेल में फांसी दी गई पहली बार तिहाड जेल में चार दोषियों को एक साथ फांसी पर लटकाया गया निर्भया के माता पिता ने कहा कि यह सजा भविष्य में अपराधियों के लिए सबक बनेगी